केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने बारे एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है सूचना प्रौदयोगिकी और कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाब को गैर कानूनी और असंवैधिक करार दिया था उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक को लोकसभा पारित कर च्की है लेनिक राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका इस अध्यादेश के प्रारूप में वहीं प्रावधान है जो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक में किये गये है राज्यसभा में विपक्ष ने मांग की थी विधेयक का जांच के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस योजना से लोगों को लाभ मिलना भी श्रू हो गया है

हरियाणा अन्सूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रधानसचिव अनिल क्मार ने आज पंचकूला मे हरलाभ मोबाइल ऐप का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से डॉ भीमराव अम्बेडर मेधावी पोस्ट ग्रेज्ऐट छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल से ही आवेदन किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि इस प्रकार हरियाणा डिजीटल सेवाओं का ऑन लाइन लाभ देने वाला पहला प्रदेश बन गया है उन्होंने कहा कि यह आधार बेसड मोबाइल ऐप प्रदेश के अन्सूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व सेवा के क्षेत्र में और स्धार लायेगा

लाभार्थी अपने आवेदन को ट्रैक करके आसानी से विभागीय प्रक्रियाओं की जानकारी ले सकता है इस मौके पर उपायुक्त म्क्ल क्मार ने कहा कि विभाग मे इन योजनाओं से काफी बदलाव आया है और इसका लाभ जरूरता मंद लोगों एंव पात्र तक पहंचाना सुनिश्चित हुआ है हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्कूल वर्दी के लिए ग्रांट को लगभग द्रना कर दिया गया है जिसमें प्रदेश के चौहद लाख इकसठ हजार बच्चों को लाभ हआ है

इसके अलावा स्कूल शिक्षाविभाग द्वाराविद्यार्थी अभिभावक अध्यापक से संमद्व विवादों के निपटाने के लिए विवाद प्रंबधन शाखा की स्थापना भी की जा रही है

हिसार जिला एवं सत्र न्यायालय के जिले के उकालाना कस्बे में गत वर्ष नौ दिसम्बर को छह साल की मासूम के साथ द्ष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस सात की उम्रकैद और अस्सी हजार रूपये ज्र्माने की संज़ा स्नाई है ज्माना नहीं भरने की सूरत में आरोपी को एक सात अतिरिक्त जेल काटनी होगी जिला सत्र अदालत में दोषी की तर फ से रहम की अपील लगाई थी कि लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया काबिलेगौर है कि पिछले साल उकलाना कस्बे की झ्ग्गी झोपड़ी में रहने वाली छह वर्षीय मासूम घर से गायब हो गई थी और स्बह उसका शव रेलवे लाइन के पास बरामद हआ था पोटसमार्टम रिपोर्ट मे उसके साथ दुष्कर्म और बर्बरता का खुलासा हआ था जिसके बाद प्लिस ने जांच में झग्गी झोपड़ी के ही रहने वाले इस य्वक को गिर फ्तार किया था जम्म् के सांभा सेक्टर में बीएसएफ में तैनात सोनीपत के हवलदार नरेंद्र की पाक रेंजर्स ने बेरहमी से हत्या कर दी है नरेंद्र सोनीपत के गांव थाना कलां के रहने वाले थे शहीद के परिजनों ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान की सेना द्वारा शव के साथ बर्बरता किये जाने पर बदला लिए जाने की मांग की है सोनीपत से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाक रैजर्स ने शहीद नरेंद्र के पैर और छाती में गोली मार कर हत्या की है

शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके गांव में लाया जा रहा है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पीएनडीटी और एमटीपी एक्ट के उल्लघन के मामले में समय पर चालान न पेश करने के एवज़ में हिसार के बास थाने के सब इस्पैक्टर और जांच अधिकारी देवेन्द्र को निलंबित किया है

ग्रमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेसिंग से जबकि बाकी अन्य दो आरोपी डॉक्टर पंकज और महेन्द्र इसां व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हये

रिवाड़ी प्लिस की सीआईए टीम ने शराब से भरी पिकअप के दो आरोपियों सहित पकड़ा है हरियाणा प्लिस मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हए बतायाकि गिर फ्तार आरोपियों की पहचान दादरी के चालक विनोद क्मार और झांझडिया निवासी श्रीकांत के रूप में हुई है और उनके कब्जे से सौं पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है पूछताछ में पता चला है वे ये शराब झाड़ली से लाये थे और डहीना में सप्लाई करनी थी प्लिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच श्रू कर दी है जगाधरी इलाके में अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई जानकारी के म्ताबिक बीती शाम गावं साबाप्र निवासी ब्ज्र्ग की बाईक की टक्कर लगने से मौत हो गई

द्रसरी घटना में जगाधरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर पैदल जा रहे अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई